मुख्यमंत्री आज कोरोना जागरूकता के लिए देश के विख्यात चिकित्सकों के साथ करेंगे संवाद आमजन भी जुड़ सकेंगे सोशल मीडिया के जरिये

मुख्यमंत्री ने किसानों के लिए जैविक और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने पर दिया जोर जल संरक्षण पद्धतियों को प्रोत्साहन देने के लिए अभियान चलाने को कहा

इस मुद्दे पर बहस की विपक्ष की मांग को देखते हुए रक्षा मंत्री का बयान महत्वपूर्ण होगा लोकसभा में आज कई महत्वपूर्ण विधेयक भी विचार और पारित कराने के लिए रखे जाएंगे

इस वर्ष बजट सत्र के दौरान राज्यसभा इन विधेयकों को पारित कर चुकी है इन विधेयकों का उद्देश्य होम्योपैथी और भारतीय चिकित्सा पद्धति के लिए उच्चस्तरीय चिकित्सकों की उपलब्धता सुनिश्चित करना है

इनमें से चार परियोजनाएं जल आपूर्ति दो सीवेज व्यवस्था और एक रिवरफ्रंट विकास से संबंधित हैं

इस कोरोना जागरूकता संवाद कार्यक्रम में आम लोग भी फेसबुक और यू ट्यूब के माध्यम से जुड़ सकते हैं कार्यक्रम में देश के विख्यात चिकित्सक डॉ नरेश त्रिहान डॉ रणदीप गुलेरिया डॉ एस के सरीन और डॉ देवी शेट्टी सीधे प्रसारण के माध्यम से कोरोना के बारे में जानकारी और समाधान प्रदान करेंगे

चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने बताया कि इस केन्द्र में मरीज को एक ही छत के नीचे परामर्श और जांच से लेकर ऑपरेशन सहित अन्य सभी सुविधाएं मुहैया करवाई जा सकेंगी

नया केन्द्र बनने से मरीजों को काफी सुविधा होगी

इसमें विद्यार्थियों शिक्षकों और स्टाफ के लिए व्यक्तिगत एसओपी से लेकर कक्षाओं प्रयोगशालाओं कार्यशालाओं कॉमन एरिया और वाहनों के दिशा निर्देश शामिल है

प्रयोगशालाओं में उपयोग होने वाले सभी उपकरण सैनेटाइज करने होंगे कैंटीन बंद रहेंगी टॉयलेट में साबुन और सभी कॉमन एरिया में सैनेटाइजर की व्यवस्था करनी होगी साथ ही सफाई और सैनेटाइजेशन का ध्यान रखना होगा

स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त निदेशक ग्रामीण स्वास्थ्य डॉक्टर रवि प्रकाश शर्मा ने आकाशवाणी को बताया की पहले ज्यादा रोगी बिना लक्षण वाले आमने आ रहे थे लेकिन अब लक्षण वाले कोविड संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है उन्होंने कहा कि खांसी जुकाम और बुखार जैसे लक्षण वाले लोगों को अपनी जांच करानी चाहिए उन्होंने कहा कि हल्की सी भी सांस लेने में दिक्कत हो तो घबराने की जरूरत नहीं है

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के लिए कृषि उच्च प्राथमिकता का विषय है श्री गहलोत कल जयपुर में वीडियो कॉन्फ्रॅस के माध्यम से कृषि और इससे जुड़े विभिन्न विभागों की समूहवार समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे उन्होंने अधिकारियों को विभिन्न फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद का कवरेज बढ़ाने फसल बीमा योजना को तर्कसंगत बनाने कम पानी वाली फसलों और बूंद बूंद सिंचाई तथा फव्वारा सिंचाई पद्धतियों को प्रोत्साहन देने के लिए अभियान चलाने के निर्देश दिए

पत्र सूचना कार्यालय ने ट्वीट में बताया कि ये खबर गुमराह करने वाली है एसएससी और यूपीएससी जैसे सरकारी संगठनों के माध्यम से सरकारी भर्तियां सामान्य रूप से चल रही हैं केन्द्र ने इस रिपोर्ट का भी खंडन किया है जिसमें कहा गया है कि गृह मंत्रालय ने पहली अक्टूबर से देशभर के सिनेमा हॉल दोबारा खोलने का आदेश दे दिया है